मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्र योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद जनपद में कोविड से निपटने के लिये प्रशासन द्वारा किये जा रहे उपायों की समीक्षा की उन्होंने जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद मुख्यमंत्री का लखनऊ के बाहर यह पहला दौरा है मुख्यमंत्री ने जनपद के मनोहरपुर गांव में निगरानी समितियों और रैपिड रिस्पॉन्स टीम की ओर से किये जा रहे सर्वेक्षण और जांच कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया उन्होंने मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही मेडिकल किट की उपलब्धता की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये इस दौरान मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि केन्द्र सरकार प्रदेश को कोविड पर नियंत्रण के लिये हर सम्भव सहायता उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि पीएम केयर फण्ड से राज्य के इकसठ जनपदों के लिये ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किये गये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरादाबाद मण्डल में पहले तीन ऑक्सीजन प्लांट थे प्रदेश सरकार ने आठ नये ऑक्सीजन प्लांट जनपद में लगाने के लिये स्वीकृति दे दी है प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है

अब तक इस आयु वर्ग के एक लाख एक हजार नौ सौ तेईस लोगों को टीका दिया जा चुका है

प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से जारी है

उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियां और रैपिड रिस्पॉन्स टीम लगातार जांच कार्यों में जुटी हैं

सभी मरीजों को मेडिकल किट देकर पृथक्कवास में रखा गया है

अब सभी अस्पतालों नर्सिंग होम औषधालयों और कोविड देखभाल केन्द्रों को रोगियों से दो लाख रूपये तक नकद लेने की अनुमति होगी रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल शून्य दशमलव तीन नौ प्रतिशत मरीज वेंटिलेटर पर और तीन दशमलव सात शून्य प्रतिशत मरीज ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों पर हैं

बैठक के दौरान ऑक्सीजन निदान और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों की समीक्षा की गई